उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगी श्री मोदी ने वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है श्री मोदी ने कहा कि अपने प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए शहर के लोगों का धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है लेकिन वे काशी के लोगों के लिए एक साधारण कार्यकर्ता हैं श्री मोदी ने भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने पार्टी के लिए अपना बलिदान दिया भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे इससे पूर्व श्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रजा अर्चना की बाबा विश्वनाथ का आर्शीवाद लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ तक के छह किलोमीटर लंबे रास्ते से होकर के गुजरे और काशीवासियों को धन्यवाद दिया गौरतलब है कि श्री मोदी बनारस से द्रसरी बार लोकसभा के लिये भारी मतों से चुने गये हैं

शुक्रवार को होने वाली नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किये जाने की संभावना है इससे एक दिन पहले ब्रहस्पतिवार को नरेन्द्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसी दिन लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थाई अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे गौरतलब है कि राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे चुनाव विश्लेषण राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया

कांग्रेस केवल छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा के मतों में काफी इजाफा हुआ है

जबकि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में गिरावट आने के साथ ही उसके सदस्यों की संख्या भी घट गई है पिछली लोकसभा में कांग्रेस के दो लोकसभा सदस्य थे

चुनाव आयोग के आकड़ों के अनुसार भाजपा ने दो करोड़ चौदह लाख वोट हासिल किये हैं

पिछले साल के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का वोट प्रतिशत छह फीसदी तक कम हो गया है गेहूं खरीदी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रबी उपार्जन के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है

उन्होंने अधिकारियों को बैंकों में लम्बित राशि का शीघ्रता से किसानों के खाते में जमा कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इस वर्ष रबी फसलों के उपार्जन के लिये विशेष प्रबंध किये गये थे कांग्रेस प्रेस कांग्रेस ने अपनी हाल ही में दिल्ली में हुई कार्यसमिति की बैठक को लेकर मीडिया द्वारा प्रकाशित खबरों पर विरोध जताया है आज नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया सहित सभी संबंधित लोगों से आग्रह किया है कि वे इन अटकलों और अनुमानों पर ध्यांन न दें श्री सुरजेवाला ने मीडिया सहित सभी लोगों से पार्टी की कार्यसमिति की बन्द कमरे में हुई बैठक की गोपनीयता का सम्मान करने को कहा है

इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंडित नेहरू को उनके स्मारक शांतिवन में श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया उपराष्ट्रपति एमवैंकैया नायड् ने एक ट्वीट संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताया और कहा कि राष्ट्र उनके योगदान को हमेशा याद करेगा

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू को याद किया और उन्हें श्रद्वांजलि दी वहीं मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पण्डित नेहरू को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी पंडित नेहरू की प्रतीमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी

आज भोपाल में आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी गई आयोग ने शहडोल जिले के दूधी गांव में एक पांच माह की बच्ची को गरम सलाखों से दागने के मामले में शहडोल के पुलिस महा निरीक्षक और पुलिस अधीक्षक से जांच कार्यवाही की रिपोर्ट मांगा है इसके अलावा कटनी में विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत अनूपपुर जिले में अवैध खनीज उत्खनन की शिकायतों पर ध्यान न देने और भोपाल के जिला चिकित्सालय और हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान की गई लापरवाही जैसे मामलों में संबंधित अधिकारियों से कार्यवाही रिपोर्ट तलब की है प्राचार्य नोटिस राज्य में गत दिनों संपन्न माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है

बाद में इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी निशानेबाजी जर्मनी के म्यूनिख में चल रही आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की अपूर्वी चंदेला ने कल स्वर्ण पदक पर निशाना साधा अपूर्वी का यह इस साल का दूसरा विश्व कप स्वर्ण पदक है

मौसम नौतपा के तीसरे दिन भी लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिली राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में गर्मी का भीषण दौर जारी है

मौसम विभाग का कहना है कि देश के मध्य क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने के कारण मैदानी इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां प्रभावित हुई हैं

हमारे शिवपुरी संवाददाता ने खबर दी है कि नौतपा के चलते जिले में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं

जिसके चलते बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आकाश साफ रहेगा मौसम विभाग ने पूर्वी मध्यप्रदेश के जिलों में अगले तीन चार दिन के दौरान लू चलने की संभावना व्यक्त की है